इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं दौसा जिले में इस अवसर पर लोगों ने वसंत के प्रतीक पीले वस्त्र पहनकर शोभायात्रा निकाली भरतपुर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए महिलाओं ने ब्रज गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी और ब्रज की महिमा का गुणगान किया प्रदेश में आज प्रतिभाशाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये चादर पेश की इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पढकर सुनाया प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अपने विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले ख्वाजा मोईनुददीन हमारी महान आध्यात्मिक महान परंपरा के आदर्श प्रतीक हैं उनके मूल्य और विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे तीन दिवसीय जालोर महोत्सव में आज दूसरे दिन रन फॉर जालौर का आयोजन हुआ

आज दिनभर पारंपरिक खेलों के आयोजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा इस अवसर पर मेला भी भर रहा है इसमें विभिन्न स्टॉलों पर सामान खरीदने और मेला देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जालौर में आज छह स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं अभियान के तहत वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा रही है

अब तक इस बीमारी से एक करोड़ छह लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चूके हैं

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है इससे सर्दी से लोगों को काफी राहत मिली है